आज से ही लागू हुई आदर्श आचार संहिता

प्रदेश की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीरा राणा ने भोपाल में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बताया कि नौ अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी

प्रदेश में तीन नवम्बर को सभी नौ हजार तीन सौ इकसठ केन्द्रों पर मतदान होगा

दृष्टिबाधित मतदाताओं को मतदान में सुविधा के लिए ब्रेल फोटो वोटर स्लिप भी उपलब्ध कराई जायेगी मंत्रिपरिषद राज्य मंत्रिपरिषद ने आज कृषक कल्याण योजना और पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी आयोग में एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे आयोग के पास अधिकारियों को बुलाने का अधिकार होगा कैबिनेट बैठक में लिये गये निर्णय की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कृषक कल्याण योजना को मंजूरी मिलने से किसानों के खाते में दस हजार रुपये की राशि आयेगी इसमें प्रधानमंत्री सम्मान निधि की छह हजार रुपये की राशि भी शामिल है

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन और स्थापना को लेकर प्रदेश के करीब एक दर्जन स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है इसके तहत गोहद बरेली गैरतगंज बदनावर सुसनेर आगर मालवा इछावर सिलवानी बेगमगंज और सॉची में स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन किया जायेगा गृहमंत्री ने बताया कि जबलपुर स्टेट मध्यप्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के लिए लाये गये प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है मुरैना के जौरा विकासखण्ड में आसान बैराज में सिंचाई योजना को भी स्वीकृति दी गई है पीएम कृषि विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि विपक्षी दलों की राजनीति केवल विरोध पर आधारित है उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत छह बड़ी परियोजनाओं का शुभारभ करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि किसान इस देश में आजाद हों किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और कृषि उपज की सरकारी खरीद जारी रखने का भरोसा दिलाते हुए श्री मोदी ने कहा कि विपक्ष को लोगों के बीच झूठ फैलाने की आदत छोड़ देनी चाहिए जावड़ेकर मंडी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा कि कृषि उपज मंडी समितियां काम कर रही हैं और किसान मंडियों में उपज बेच रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के उपज बेचने में असमर्थ होने के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने कई तरह के अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की पहले ही घोषणा कर दी है

शहडोल सांसद हिमाद्रि सिंह ने इस बारे में रेल मंत्री से मुलाकात कर अनुरोध किया था

प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या सवा लाख के पार हो गई है वहीं अब तक एक लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चूके हैं आज दो हजार चार सौ तैतालीस लोग स्वस्थ हुए वहीं एक हजार आठ सौ सतहत्तर नये संक्रमित मिलें हैं उधर संक्रमण से आज उन्तालीस लोगों की मृत्यु हुई

राजधानी भोपाल में अब तक पाये गये सत्रह हजार में से चौदह हजार दो बयालीस व्यक्ति कोरोना संकमण से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं इस तरह भोपाल का रिकवरी रेट बढ़कर तिरासी दशमलव सात प्रतिशत हो गया है हालांकि आज भी राजधानी में रिकार्ड तीन सौ उन्तीस मरीज मिले हैं उधर इन्दौर में कोरोना संक्रमितों की संख्या पच्चीस हजार से ज्यादा हो गई है वहीं ग्वालियर में दस हजार और जबलपुर में मरीजों की संख्या नौ हजार को पार कर गई है

यह ट्रेन अमरकंटक एक्सप्रेस की रूट पर ही चलेगी

पार्क बफर जोन और कोर जोन पूरी तरह से पर्यटकों के लिए तैयार किया गया है